हरियाणा विधानसभा का बजट सत्र पांच मार्च को शुरू होगा

कोविड वैक्सीन पूरी तरह सुरक्षित है याद रखना दवाई भी और कड़ाई भी यह भी याद रखना है कि बार बार हाथ धोना मास्क पहनना व दो गज की दूरी अभी भी जरूरी है प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी अब से क्छ देर बाद साढ़े छ बजे वीडियो कॉन्फ्रेस के माध्यम से विश्व सतत विकास शिखर सम्मेलन का उदघाटन करेंगे इस सम्मेलन का विषय हमारे सांझे भविष्य की पुनर परिभाषा सब के लिलए सुरक्षित पर्यावरण रखा गया है

इस सम्मेलन में जलवाय् परिवर्तन के खिलाफ लड़ाई में सरकारों के प्रतिनिधि प्रम्ख उद्योगपति शिक्षा शास्त्री जलवायू वैज्ञानिक यूवा और सिविल सोसायटी के लोग बड़ी संख्या में हिस्सा लेंगे

हरियाणा सरकार ने ओलंपिक खेलों के लिए क्वालीफाई करने वाले हरियाणा के विशेषकर आर्थिक रूप से कमज़ोर खिलाड़िय़ों को बेहतर ख्राक व प्रशिक्षण देने और उनकी क्षमता बढ़ाने के उद्देश्य से तैयारी हेत् पांच लाख रूपये की राशि देने का निर्णय लिया है यह निर्णय आज म्ख्यमंत्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हुई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया

नये नियम लागू होने के बाद राज्य में खेलों को बढ़ावा देने के लिए एक अलग कैडर बनाया जायेगा

इसके अलावा नये नियमों में कुछ प्रतियोगितयाओं जैसे कि दक्षिण एशियाई खेल राष्ट्रीय खेल व रणजी ट्रॉफी को भी शामिल किया गया है

अब इस मामले को राज्य विधानसभा क समक्ष रखा जायेगा ताकि इस विधेयक को वापिस लेने का प्रस्ताव पारित किया जा सके

इन गोदामों का निर्माण जिला फतेहाबाद के भूना उकलाना और होबली जिला हिसार के बरवाला व हिसार जिला सिरसा के खारिया व पन्नीवाला मोटा जिला करनाल के इंद्री मंच्री व विसिंग जिला क्रूक्षेत्र के अजराना कलां व लाडवा जिला अम्बाला के नसीरपुर और जिला पलवल के सेल्वी में किया जायेगा

यह निर्णय आज चंडीगढ़ में म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया मंत्रिमंडल की बैठक में जिला महेन्द्रगढ़ में अटेली से खेड़ी सड़क पर लोक निर्माण विभाग के टोल को हटाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई

हरियाणा सरकार ने हरियाणा राज्य के अतिरिक्त पारस्परिक सामान्य परिवहन समझौते के तहत राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र राज्यों दवारा जारी अनुबंध कैरिज परमिटों के अनुसार हरियाणा राज्य के राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में संचालित ऑटो रिक्शा टैक्सियों को मोटर वाहन कर में छूट देने का निर्णय लिया है इससे राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में बिना रूके मोटर कैब और ऑटो रिक्शा की निर्बाध यात्रा हो सकेगी और राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में आम जनता को बेहतर और क्शल परिवहन सेवाएं मिलेंगी यह निर्णय आज चंडीगढ़ में म्ख्यमंत्री श्री मनोहर लाल की अध्यक्षता में हई मंत्रिमंडल की बैठक में लिया गया

पुलिस ने उसके खिलाफ थाना डब्ओं में नशा विरोधी कानून की विभिन्न धाराओं के तहत मुकद्दमा दर्ज किया है

इस मौके पर कैप्टन प्रभजोत सिंह ने कोर्स का सर्वश्रेष्ठ ऑल राउंडर अधिकारी घोषित किया गया और कमांडेंट की रोलिंग ट्रॉफी से सम्मानित किया गया वहीं कैप्टन नरेन्द्र को फील्ड इवेंट्स मे सर्वश्रेष्ठ अधिकारी के तौर पर मेजर लैशराम ज्योतिन सिंह अशोक चक्र यादगारी ट्रॉफी से नवाज़ा गया यवा अधिकारियों को सम्बोधित करते हये लेफ्निंट जनरल संदीप मुखर्जी ने सेना चिकित्सा कोर की परम्परा को कायम रखने के लिए उन्हें प्रोत्साहित किया केन्द्रीय जल शकित राज्य मंत्री रतन लाल कटारिया ने कहा है कि किसानों को प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी दवारा की गई साकारात्मक पहल पर बातचीत के लिए आगे आना चाहिए श्री कटारिया आज जगाधरी में पत्रकारों बातचीत कर रहे थे उन्होंने कहा कि सरकार कृषि कानूनों में संशोधन हेते बातचीत के लिए तैयार है

प्लिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के बाद परिजनों के हवाले कर दिया है